मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने विधानसभा में आज विधायक रमेश धवाला के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी

इसी सवाल पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री पर ऋणों के मामले में गलत आंकड़े पेश करने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया

उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के पास इनका रिकार्ड नहीं था व संबंधित मण्डलों से इनका रिकार्ड एकत्र किया जा रहा है और सत्यापन के बाद इन सभी दिहाड़ीदारों को गैच्युटी जारी की जाएगी विधायक जवाहर ठाक्र के एक सवाल पर जयराम ठाक्र ने कहा कि चौहारघाटी के पिछडे क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक रिथति सुधारने के लिए आर्थिक पैकेज देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है लेकिन उन्होंने सभी संबंधित विभागों को चौहारघाटी के विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए

वाकआउट प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज विपक्षी कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया कांग्रेस ने राज्य में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर सरकार द्वारा कोई राहत न दिए जाने के मामले पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने के विरोध में सदन से वाकआउट कर दिया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा से हए नुकसान पर सरकार ने प्रभावितों को कोई राहत नही दी है

उन्होंने कहा कि इस मामले पर पहले ही सदन में कई नियमों में चर्चा हो चुकी है

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है और सरकार ने कोई राहत नहीं दी है उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव बारिश से नुकसान को लेकर नही है बल्कि प्रभावित को कोई मदद न दिए जाने और सरकार के राहत कार्यों में विफल रहने को लेकर है इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की इस दलील को नहीं माना जिस पर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया और विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर दिया सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के वाकआउट की कड़ी निंदा की और इसे राजनीति से प्रेरित बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हित के बजाए विपक्ष अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहता है जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है लेकिन सदन नियमों के तहत चलता है विपक्ष इस सदन को हल्के में ले रहा है और सदन का समय बर्बाद कर रहा है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग वृक्षारोपण और जल संरक्षण सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाएगा